जगत प्रकाश नड़्डा बने भाजपा के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष

प्रदेश में कड़ाके की ठण्ड जारी सागर इंदौर उज्जैन सहित कई जिलों में कल शीतल दिन रहने की संभावना मोदी परीक्षा चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा में अच्छे अंक ही सबक्छ नहीं हैं इसलिए विद्यार्थियों को इस सोच से बाहर निकलना चाहिए

प्रधानमंत्री ने अध्ययन के अलावा अन्य गतिविधियों के महत्व पर जोर देते हए कहा कि ऐसी गतिविधियां में भाग नहीं लेने से व्यक्ति रॉबोट की तरह हो जाता है उन्होंने कहा कि शिक्षा नई चीजें सीखने का केवल एक तरीका है इस कार्यक्रम में प्रदेश से पचास से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया कार्यक्रम का आकाशवाणी और द्रदर्शन के जरिए सजीव प्रसारण किया गया मंडला और अनुपपुर सहित सभी जिलों में भी विभिन्न स्कूलों में इस कार्यक्रम को दिखाये जाने का इंतजाम किया गया था शहडोल की छात्रा रसिका तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के बताये तरीकों से परीक्षा का तनाव कम करने में मदद मिलेगी

भाजपा के चुनाव प्रभारी राधामोहन सिंह ने उन्हें निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि श्री नड्डा एक समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वर्षो तक पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया श्री नडडा का प्रदेश से भी करीबी नाता है उनकी पत्नी पूर्व मंत्री जयश्री बैनर्जी की पुत्री हैं

राज्य विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति नरसिंहपुर और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना काँवरे सिवनी में ध्वजारोहण करेंगे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गणतंत्र दिवस पर मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ खंडवा सज्जन सिंह वर्मा देवास हुकुम सिंह कराड़ा शाजापुर डॉक्टर गोविन्द सिंह भिण्ड बाला बच्चन बड़वानी आरिफ अकील सीहोर बुजेन्द्र सिंह राठौर निवाड़ी प्रदीप जायसवाल बालाघाट पीसी शर्मा होशंगाबाद प्रद्यम्न सिंह तोमर ग्वालियर सचिन यादव खरगौन सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल झाबुआ और तरूण भनोत जबलपुर जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे

जागरूक बालिका समर्थ मध्यप्रदेश की थीम पर आयोजित किये जाने वाले इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में लोगों के बीच बेटियों के अधिकार को लेकर जागरुकता पैदा करना और उन्हें नए अवसर मुहैया कराना है

इसको लेकर आज कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई

पोलियो अभियान प्रदेश में चलाये जा रहे तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आज दूसरा दिन था

मौसम तेज ध्र्प खिलने के बावजूद राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में शीतलहर का असर बना हुआ है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सर्द हवाओं से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है प्रदेश में सबसे कम तापमान उमरिया रायसेन और बैतूल में पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग के मुताबिक गुना राजगढ़ श्योपुर में आज शीतल दिन रहा सिवनी बैतूल और रतलाम में शीतलहर चली भोपाल में न्यूनतम तापमान छह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम है वहीं कल सागर इंदौर उज्जैन बैतूल नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में शीतल दिन रहने की संभावना है

इस दौरान वे विभिन्न कार्यकमों में शामिल होंगे

वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया

इसमें आठ राज्यों की टीमों ने भाग लिया